राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा प्रदेश में बांसवाडा ड्रूंगरपुर के रास्ते आया मानसून आगे के क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ग्रूप ए एग्जक्यूटिव कैडर के अधिकारियों को संगठित ग्रूप ए सेवा बनाने के प्रस्ताव और नॉन फंक्शनल वित्तीय लाभ देने को मंजूरी दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इससे अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्वि होगी

राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक वर्ग में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों जनजातियों शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है केन्द्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल राज्यसभा में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर अल्पकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि धन बल के प्रभाव से चुनावों को मुक्त करने के लिए और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है विधि मंत्री ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का समय अब आ गया है और इस पर अब खुले मन से विचार होना चाहिए

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ट्वीटर पर इसकी जानकारी देते हुए श्री गांधी ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी उन्होंने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार है उन्होंने कहा है कि भविष्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए वह त्याग पत्र दे रहे हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण दोंनो सदनों के पटल पर रखेंगी सर्वेक्षण देश के वार्षिक आर्थिक विकास को दर्शाएगा कल संसद में केन्द्रीय बजट पेश किया जायेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि संसद में नये सदस्यों से नई ऊर्जा मिलती है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय संसद में ही रहना चाहिये श्री बिडला ने कल नये सांसदों के लिये आयोजित किये गये प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया कार्यक्रम में उन्होंने महिला सांसदों को बोलने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही में उनके भाग लेने से लोकतंत्र मजबूत होगा जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में सोमवार रात मासूम बच्ची से दुराचार के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है

उघर इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है जिसे देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात है

इस बीच कल भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया राजेंद्र राठौड और अरूण चतूर्वेद ने इलाके का दौरा कर जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव से मुलाकात की और घटना के अभियुक्त को गिरफतार करने की माँग की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कटारिया ने कहा कि उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए

डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुनीता बेनीवाल ने कल बालिका और उसके परिजनों से मुलाकात की प्रदेश में कल रात कई स्थानों पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये सीकर और नागौर जिले में भूकंप के झटके महसूस होने से लोग घरों से बाहर आ गये

बाडमेर जिले के आलपुरा गांव के पास कल मेगाहाईवे पर दो टैंकरों में टक्कर हो गई हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया प्रदेश में बांसवाडा डूंगरपुर के जरिये प्रवेश हुआ मानसून अब आगे के क्षेत्रों में बढ रहा है कल डूंगरपुर जिले में देरशाम कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई बारिश का सिलसिला रूकरूक कर आज सुबह तक चल रहा है इसके अलावा झालावाड प्रतापगढ बाडमेर जालोर जोधपुर और बांसवाडा में भी कई स्थानों पर तेज बारिश हुई बांसवाडा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल देर रात बारिश और तेज हवा के कारण ग्रार्मीण क्षेत्रों में कई पेड धराशाही हो गये वहीं बिजली आपूर्ति बाधित रही

चौथे स्थान के लिये न्यूजीलैण्ड और पाकिस्तान की टीम में मुकाबला है